राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है

श्रीकांत बाल्दी इसके अलावा आवासीय व पर्यटन नागरिक उड़डयन विभाग का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे कार्मिक विभाग द्वारा कल देर शाम इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई

आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया है वे सूचना व जनसम्पर्क विभाग के प्रधान सचिव भी होंगे

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने किसानों से परम्परागत खेती के साथ बागवानी अपनाने की सलाह दी ताकि उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हो सके मतदाता निर्वाचन आयोग ने आज से मतदाता सत्यापन का महा अभियान शुरू किया है

शिमला में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने मतदाताओं के अधिकारों और दावों को दर्शाने वाला पोस्टर जारी कर इस अभियान का शुभारम्भ किया बिक्रम सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जनजातीय छात्रों का प्रांत सम्मेलन आज सोलन में आयोजित किया गया

सम्मेलन में छात्रों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई उद्योग मंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों के मेघावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया और कहा कि युवाओं के समग्र विकास में विद्यार्थी परिषद का अहम योगदान रहा है पोषण देशभर में सितम्बर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा आज से शुरू हुए पोषण माह का इस वर्ष का विषय है पूरक आहार

अभियान इधर कुल्लू में पोषण माह के शुभारम्भ पर उपायुक्त ऋचा वर्मा ने महिलाओं का मार्गदर्शन किया उन्होंने कहा कि बच्चों के सही पोषण और अच्छी परवरिश के लिए संतुलित व पौष्टिक आहार सबसे महत्वपूर्ण है चम्बा में उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि पोषण माह के तहत ज़िले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन शुरू किया गया है सोलन में अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी विवेक चंदेल ने सभी को पोषण की शपथ दिलाई

ये राशि सर्दियों के मौसम में हुए नुक्सान की भरपाई व अन्य सहायता कार्यो के लिए जारी की गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा मॉनसून सीज़न में हुए नुक्सान का आकलन करने के लिए केन्द्रीय टीम जल्द हिमाचल भेजने का भी केन्द्र से आग्रह किया जाएगा किशन कपूर सनातन धर्म सभा ने सांसद किशन कपूर के सम्मान में आज धर्मशाला में अभिनन्दन समारोह का आयोजन किया किशन कपूर ने कहा कि सनातन धर्म का सम्मान करना हमारी पुरानी परम्परा है इस दौरान उन्होंने सभा द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए रीडिंग रूम का भी शुभारम्भ किया कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आउटसोर्स कर्मियों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए सरकार से इनके लिए स्थायी नीति बनाने की मांग की है उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज में इन कर्मियों का प्रशासन को काफी सहयोग मिल रहा है विधिक साक्षरता मण्डी ज़िले में जोगिन्द्रनगर की चल्हारग पंचायत में आज ज़िलास्तरीय विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया ज़िला व सत्र न्यायाधीश आरके शर्मा ने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी उन्होंने कहा कि संविधान ने समानता का अधिकार दिया है और सभी को न्याय के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कर मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया है हैंडबॉल बिलासपुर के राजकीय महाविद्यालय में इंटर कॉलेज महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता आज शुरू हुई